पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक के पहले सत्र की अध्यक्षता करेंगे जिसमें सभी राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणीयों के सदस्य भाग लेंगे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के वरिष्ठ और अन्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक को संबोधित करेंगे

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के बंगाणा में कल एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के कारण कूडा कचरा की समस्या भी लगातार बढ़ रही है तथा इसका बेहतर निपटान अब समय की जरूरत बन गई है

उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के साथ साथ थर्मोकोल पर भी प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल देश का एक अग्रणी राज्य बना है खेल मंत्री जनवरी में शुरू किए गए खेलों इंडिया कार्यक्रम के परिणाम इस वर्ष राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिए हैं

उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए केंद्र सरकार योजनाबद्व तरीके से काम कर रही है और इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि आगामी वर्षो में भी खेलो इंडिया कार्यक्रम के बेहतर परिणाम नजर आएंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हैं हालांकि किन्नौर लाहौल स्पीति कुल्लू और चंबा जिलों में कुछ स्थानों पर बीती रात बारिश हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बिंदल के खिलाफ केस वापस लेने को सरकार ने कोर्ट में दी अर्जी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं बिंदल का केस वापस लेने को सरकार ने कोर्ट में लगाई गुहार छात्र संघ चुनाव पर दिव्य हिमाचल लिखता है इस साल भी एससीए चुनाव नहीं एचपीयू प्रशासन ने गुपचुप बुलाई बैठक में लिया फैसला जबकि पंजाब केसरी का शीर्षक है इस बार मी नहीं होगे प्रत्यक्ष रूप से एससीए के चुनाव हिमाचल दस्तक के अनुसार बहाल नहीं होंगे एससीए चुनाव

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश मारद्वाज बोले कानून में संशोधन से नहीं डरेगी सरकार इसी समाचार पत्र के मुताबिक पूर्व सीपीएस नीरज भारती से साढ़े तीन घंटे पूछताछ अवैध खनन पर हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा रूख खनन पट्टों की नीलामी में देरी पर दिए जांच के आदेश दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है जबकि पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है ऑक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हो जांच दैनिक भास्कर लिखता है डीजीपी की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से सहमत नहीं प्रदेश सरकार

अमर उजाला ने खबर दी है बसपा नेता की गाड़ी से कुचलकर हत्या सिरमौर के शिलाई में वारदात शक के आधार पर दो हिरासत में

आपका फैसला की सुर्खी है प्रशासन के दावों की निकली हवा बिलासपुर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हिंदी के कितने करीब में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बच्चों की सेहत में लिखा है कि स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर भोजन को जांचने की व्यवस्था न होना बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है